मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश के दौरे पर

आतंक के खिलाफ लडाई को और तेज किया जायेगा पाकिस्तान भारत को अस्थिर नहीं कर सकता उसके मनसूबे कभी पूरे नहीं होने दिये जायेंगे हमले के खिलाफ कार्यवाही के लिये सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई है आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देश की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारम्भ करने से पहले उन्होंने ये बात कही

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन के साथ तीनों र्सनाध्यक्ष भी मौजूद थे बैठक के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्लवामा हमले के साजिशकर्ताओं को बड़ी कीमत चुकानी पडेगी उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिये कुटनीतिक कदम उठायेगा

गृह मंत्री राजनाथ सिंह स्थिति की समीक्षा करने के लिये एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रीनगर के लिये रवाना हो गये है

अमरीका रूस और फ्रांस ने जोरदेकर कहा है कि वे आतंकवाद की चुनौती से निपटने में भारत के साथ हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और कई अन्य पडौसी देशों ने भी पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है और शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे कायराना बताते हुए कहा है कि ये देश की आत्मा पर हमला है आज नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि विपक्ष इस दुखद घडी में पूरी तरह सेना और सरकार के साथ है

विभिन्न स्थानों पर शहीदों को श्रद्वाजंलि दी जा रही है

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस आतंकी हमले को देखते हुए सभी प्राइवेट टीवी चैनलों को परामर्श जारी किया है मंत्रालय ने सभी चैनलों से किसी भी ऐसी सामग्री के बारे में विशेष रूप से सावधानी बरतने को कहाहै जिससे हिंसा भड़क सकती हो या उसकी विषय वस्तु कानून व्यवस्था के खिलाफ हो

इसके कारण कई स्थानों पर रेल और सड़क यातायात बाधित है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि वे गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के विधेयक के मसौदे का अध्ययन करने के बाद ही आंदोलन की आगे की रणनीति के बारे में फैसला करेंगे श्री बैंसला ने कहा कि ऐसे कई विधेयक पहले भी पारित हुए हैं इनका कोई महत्व नहीं हैं विधेयक से संबंधित सभी कानुनी बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा जायेगा

भरतपुर में संभागीय आयुक्त ने आंदोलन को देखते हुए मलारना डूंगर में इंटरनेट पर प्रतिबंध आज के लिये बढ़ा दिया है

श्री अरोडा निर्वाचन विभाग के साथ ही प्रदेश की कानुन व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से भी चर्चा करेंगे

अजमेर क्षेत्र के अधीन राजस्थान मध्यप्रदेश गुजरात दादर नगर हवेली क्षेत्र के डेढ़ लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षाएं दे रहे है

एक पारी वाले स्कूल सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक चलेंगे दो पारी वाले स्कलों का समय साढे सात से दोपहर एक बजे तक यथावत रहेगा